राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दिवगंत राजनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की

अब तक एक लाख इक्कीस हजार से अधिक मरीज हो चूके हैं स्वस्थ इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू

अब तक राजद के सात विधायक जदयू में हो चुके हैं शमिल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने मुखाग्नि दी अंतिम संस्कार से पूर्व तीनों सेनाओं की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम सलामी दी गयी इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मूखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है प्रणब मुखर्जी का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था सात बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे

कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया

उन्होंने केन्द्रीय वित्त रक्षा विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया वह पांच बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के लिए चुने गए श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला बाईट पीएम मेरी एक भी मुलाकात पिछले तीन साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह और मैं बहुत अंतर्मन से कहता हूं कि वो एक पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता है और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व ये संबंध ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम है और वो काम प्रणब दा ने किया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मुखर्जी विपक्ष को साथ लेकर चलते थे और भारतीय राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है

जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बैठाने में हमेशा वो काम करते रहें जब विपक्ष में रहे तो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे कांग्रेस को अपनी सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणव दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रिब्यूट किया समृद्ध किया एक अच्छा दिशादर्शन किया ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्ररेणादायी रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने श्री मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया

एक महान राष्ट्रनेता एक धुरंधर रणनीतिकार एक सभी पार्लियामेंट में गरिमा के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया उनको हमारी भावभीनी श्रद्दांजलि प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठासी प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटे में दो हजार उनतीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक एक लाख इक्कीस हजार छह सौ एक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं एक दिन में पन्द्रह रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा सात सौ नौ हो गया है राज्य में इसी अवधि के दौरान कोविड उन्नीस के एक हजार नौ सौ अट्ठाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अड़तीस हजार दो सौ पैंसठ हो गयी है सबसे अधिक दो सौ अंठानवे मामले पटना से सामने आये हैं मध्ुबनी से एक सौ तेरह अररिया से एक सौ तीन मुजफ्फरपुर से तिरासी और सुपौल से सतहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है अब यह दर छिहत्तर दशमलव नौ चार प्रतिशत तक पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों में पैंसठ हजार इक्यासी कोविड रोगियों को अस्पतालों से छट्टी दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या अट्ठाईस लाख उनतालीस हजार आठ सौ बयासी हो गई है वहीं पिछले चौबीस घंटों में उनहत्तर हजार नौ सौ इक्कीस नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल मामलों की संख्या छत्तीस लाख इक्यानवे हजार एक सौ छियासठ हो गई है इस समय देश में सात लाख पचासी हजार नौ सौ छियानवे लोगों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ उन्नीस लोगों की कोविड उन्नीस से मौत हुई है इसके साथ ही मरने वालों की संख्या पैंसठ हजार दो सौ अठासी हो गई है इस समय मृत्यु दर एक दशमलव सात सात प्रतिशत है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद

रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे होम आइसोलेशन में चले गये हैं वहीं सिवान सदर अस्पताल के एक चिकित्सक और बाल संरक्षण अधिकारी भी कोविड संक्रमित पाये गये हैं कोरोना से निपटने के लिए गया जिला प्रशासन के कर्मियों ने बारह लाख सैंतीस हजार रूपये से अधिक की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया गया है

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर इस चरण के दिशा निर्देश तीस सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक चार में पहले की तुलना में अधिक छूट दी है इस दौरान इक्कीस सितम्बर से धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान शर्त के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है हालांकि अधिकतम सौ लोगों को ही एक स्थान पर एकत्र होने की छूट होगी इस चरण में स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है वहीं राज्यों को अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने की छूट भी नहीं होगी इधर बिहार के शहरी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के प्रावधान छह सितम्बर तक लागू रहेंगे आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिये जेईई की मुख्य परीक्षा आज शुरू हो गयी है प्रदेश के सात जिलों में तैंतालीस केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है कोविड उन्नीस को देखते हुए परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गयी साथ ही परीक्षार्थियों के हाथों को सेनिटाईज किया गया और उन्हें नये मास्क दिये गये राज्य में इस बार इकसठ हजार से अधिक परीक्षार्थी जेईई की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे आठ जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा ये ट्रेन तीन सितम्बर से पन्द्रह सितम्बर के बीच चलेंगी जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें सहरसा से पटना जयनगर से पटना राजेन्द्रनगर से जयनगर राजेन्द्रनगर से सहरसा और सहरसा से पाटलिपुत्र ट्रेन अप और डाउन में शामिल हैं वहीं दानापुर से राजगीर कटिहार से पटना और पटना से भभुआ के बीच भी अप और डाउन में ट्रेनों का परिचालन होगा तेघड़ा से राजद के विधायक वीरेन्द्र कुमार आज जदयू में शामिल हो गये पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवायी बाद में संवाददाताओं से बातचीत में वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं अब तक राजद के सात विधायक जदयू में शामिल हो चुके हैं निर्वाचन आयोग ने विधान सभा चूनाव की तैयारियों को लेकर आज वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से नौ प्रमंडल के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में ईवीएम की जांच बूथों का गठन सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती आदर्श आचार संहिता का पालन बूथों पर नागरिक सुविधा से जुड़े मुद्दों के साथ कोविड उन्नीस से बचाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई रोहतास जिला प्रशासन ने जूनियर नेशनल हॉकी खिलाड़ी पंकज कुमार रजक और पैरा ओलंपिक एथिलीट शशिकांत पांडेय को चुनाव आइकॉन बनाया है उप निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि दोनों आइकॉन के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा विधानसभा चुनाव को देखते हुए शेखपुरा जिले के मतदान कोन्द्रों पर आधारभूत संरचना शौचालय बिजली पेयजल और रैंप की व्यवस्था शुरू कर दी गयी है अरवल जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज मतदाता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया शिवहर जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक हुई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षा ग्यारह अक्टूबर को होगी राज्य भर के तेरह जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं कोरोना संकट के कारण पूर्व में दो बार मुख्य परीक्षा स्थगित की जा चुकी है पटना हवाई अड्डे के पास स्थित बीएमपी में एक जवान ने एक महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद गोली मार ली दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी एसएसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों दार्जलिंग के रहने वाले थे उन्होंने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है

वहीं वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की घटना में अपराधियों ने सत्तर हजार रूपये लूट लिये भोजपुर जिले के चांदी गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गयी मौके पर पहुंची पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया जिसमें थानाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गये

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दिवगंत राजनेता को श्रद्वांजलि अर्पित की

अब तक एक लाख इक्कीस हजार से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू

अब तक राजद के सात विधायक जदयू में हो चुके हैं शमिल